मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती उपायों की कड़ाई से पालना कराने के दिए निर्देश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

प्रदेश में पांच लाख के कैशलेस बीमा वाली यूनिवर्सल हैल्थ स्कीम एक मई से लागू हो जाएगी

इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक जनगणना के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क दी जाएगी शेष का पंजीकरण एक अप्रैल से शुरू होगा और पचास प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होगी विधानसभा में बजट चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस के युवाओं को अन्य वेर्गों के समान सरकारी भर्तियों सहित दूसरी जगहों मे भी आयु सीमा और फीस में छूट की घोषणा की

श्री गहलोत ने राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के तहत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की विधायक फंड की राशि सवा दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ प्रतिवर्ष की जाएगी

उन्होंने कहा कि अधिक टेस्टिंग भीड़ पर नियंत्रण मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी के कोरोना से बचाव के नियमों की पालना में फिर से कड़ाई लाई जाए श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की

इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों सामाजिक संगठनों कार्यकर्ताओं और धर्म गुरूओं आदि के साथ विचार विमर्श करेंगे

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल और समस्त प्रावधानों की सर्तकता से पालना पर बल दिया है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कता बरतना जरूरी है श्री लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई कर रही है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 इसी के तहत आकाशवाणी जयपूर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चूके हैं

प्रदेश में नए कोरोना संकभितों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है

इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या तीन हजार के पार हो गई है

आठ जिलों बाड़मेर चित्तौड़गढ़ चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जैसलमेर करौली और सवाई माधोपुर में संकमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला राज्य में कल इस बीमारी से तीन लोगों की मृत्यू हुई उधर झालावाड़ में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संकमण के मामले बढ़े हैं

बांसवाड़ा से लगती मध्य प्रदेश की सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी है

यह कल तक जारी रहेगा जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त ने टीकाकरण कोन्द्रों का निरीक्षण किया

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं प्रदेश के उत्तरी भागों में कल हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली राजधानी जयपूर में कल शाम हल्की बारिश हुई जैसलमेर में पूनम नगर गांव में ओलावृष्टि और बारिश हुई इससे जीरे की फसल को नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने आज और कल मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है